पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने

कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जायेगा

सबसे अधिक पटना में दो सौ पैंतालीस मामलों की प्रष्टि बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा राज्यपाल फागू चौहान द्वारा मेवालाल चौधरी का इस्तीफा स्वीकार कर लेने के बाद भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को अगले आदेश तक शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मेवालाल चौधरी के ऊपर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का कुलपति रहते शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियों में गड़बड़ी करने का आरोप है उनके खिलाफ जांच भी की गयी थी जिसमें उनके कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था श्री चौधरी के मंत्री बनने के बाद राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस तथा वाम दलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की थी राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मेवालाल चौधरी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को नवनिर्वाचित सत्रहवीं बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है राज्यपाल फागू चौहान ने श्री मांझी को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलायी चौहत्तर वर्षीय जीतन राम मांझी विधानसभा में नव निर्वाचित वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं वे गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं श्री मांझी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नवनिर्वाचित विधायकों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलायेंगे गौरतलब है कि विधानसभा की पहली बैठक तेईस नवम्बर से शुरू हो रही है इस दौरान सदन की कुल पांच बैठकें होगी तेईस और चौबीस नवम्बर को सदस्यों को शपथ दिलायी जायेगी जबकि पच्चीस नवम्बर को विधानसभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष का चूनाव होगा छब्बीस नवम्बर को राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे सताईस नवम्बर को राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा लोक आस्था के महापर्व छठ के द्रसरे दिन आज खरना का अनुष्ठान किया जा रहा है छठ व्रतियों ने खरना का प्रसाद ग्रहण किया इसके साथ ही छठ व्रतियों का छत्तीस घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और शनिवार की सुबह उगते हुये सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ छठ महापर्व सम्पन्न होगा प्रदेश में कोरोना के असर को देखते हुए इस बार घाटों की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है और अर्घ्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने की पूरी व्यवस्था की गयी है पटना औरंगाबाद दरभंगा और वैशाली समेत बारह जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गयी है प्रशासन ने बुजुर्गों और बच्चों को घाट पर नहीं ले जाने का निर्देश दिया है इधर पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने गंगा घाटों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाये रखने का निर्देश भी दिया जिला प्रशासन ने छठ को लेकर नियंत्रण कक्ष बनाया है जिले में ढाई हजार जवानों को सुरक्षा की कमान सौंपी गयी है और पांच अस्थायी थाने बनाये गये हैं छठ को लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है छठ के मौके पर उपयोग में आने वाली प्रजन सामग्री मिट्टी के चूल्हे दीये और आम की लकड़ी की खूब बिक्री हो रही है मौसमी फलों और सब्जियों से भी बाजार पटे हुए हैं इसके अलावा अलता गंडा और परता की भी बाजारों में भरमार है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है सुबह से ही छठ घाटों पर व्रतियों की भीड़ देखी जा रही है छठ के गीतों से पूरे प्रदेश का वातावरण गुंजायमान है बिहार का ये सबसे बड़ा लोकपर्व सामुदायिक और सामाजिक सौहार्द का भी प्रतीक है हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी वर्ग के लोग इस पर्व में भाग लेते है साउंड बाईट छठ में प्रयोग होने वाली चीजों की बिक्री बढने के कारण स्थानीय विक्रेताओं शिल्पकारों और कुम्हारों के लिए आय के स्रोत और व्यवसाय के अवसर बढते हैं मौसमी फलों और कंद मूलों को पूजा के दौरान चढाया है जिसकी खरीद बढने से फेरीवालों और रेहडी पटरी वालों के बाजार के हिसाब से भी यह पर्व अच्छा अवसर होता है बांस से बने सूप और दौउरे तथा मिट्टी के चूल्हे तथा दीयों की अच्छी खासी मांग होती है बिहार में कुछ खास चीजों जैसे परता अलता सिंदूर गंडे तथा मालाओं की भी छठ पर्व के लिए खरीद की जाती है इसके चलते स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते हैं छठ का पर्व इसके चलते सही मायनों में स्थानीय शिल्पकारों कलाकारों और उत्पादकों को बढ़ावा देकर वोकल फॉर लोकल के संकल्प को सिद्ध करने का काम करता है धर्मेन्द्र कुमार राय आकाशवाणी समाचार पटना कोरोना महामारी के कारण इस बार एहतियाती उपाय किए जा रहे है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उनतीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह इकहत्तरवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माइ जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकार्ड कराए जा सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं रिकार्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस के लिए केन्द्रीय पूल की एमबीबीएस सीटों पर उम्मीदवारों के चयन और नामांकन के लिए दिशा निर्देशों में एक नई श्रेणी शुरू करने का फैसला किया गया है इसके अन्तर्गत कोविड योद्धाओं के आश्रितों को शामिल किया गया है इनके लिए पांच सीटें आरक्षित की गई हैं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इसका उद्देश्य कोरोना के रोगियों के उपचार में लगे कोविड योद्धाओं के योगदान को सम्मानित करना है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के सात सौ चौरानवे नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक दो सौ पैंतालीस नये मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है वहीं मुजफ्फरपुर में छियालीस भागलपुर में तैंतीस और पश्चिम चंपारण जिले में इकतीस नये मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में कोविड उन्नीस संक्रमण से ठीक होने वालों की दर छियानवे दशमलव नौ छह प्रतिशत हो गयी है अब तक लगभग दो लाख बाईस हजार चार सौ बानवे मरीज स्वस्थ हुए हैं वहीं बारह सौ नौ लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर तिरानवे दशमलव पांच आठ प्रतिशत हो गई है अब तक तिरासी लाख तिरासी हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान अड़तालीस हजार चार सौ तिरानवे मरीज स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रतिदिन स्वस्थ होने के मामले नए मामलों से अधिक हो रहे हैं उपचाराधीन रोगियों की संख्या कुल मामलों के पांच प्रतिशत से भी कम है देश में उपचाराधीन मामले कुल संक्रमित मामलों का केवल चार दशमलव नौ पांच प्रतिशत है इस समय देश में करीब चार लाख तैंतालीस हजार तीन सौ तीन संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर मधूर यादव ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया में ज्यादातर गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है लेकिन कुछ क्षेत्रों में कोरोना वायरस के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर कोविड जांच हो रही है डॉक्टर यादव ने यह भी कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार हालात से निपटने के लिये पूरी तरह तैयार है

तो धीरे धीरे ये केसेज बढ़ते जा रहे हैं प्लस टेस्टिंग मी हमारी उसी तरीके से बढ रही है चाहे वह रैपिड एंटिजन टेस्ट हो या वो आरटीपीसीआर हो तो इसकी वजह से लगता ये है कि और ज्यादा केसेज आ गये लेकिन यह कहना चाहंगा कि यदि हम अब भी सुधर जाते हैं और अपने आपको मैनेज कर लेते हैं तो हम इससे बच सकते हैं दूसरी मैं एक बात कहना चाहंगा कि डरने वाली कोई बात नहीं है सरकार ने बेड का अरेजमेंट अच्छा खासा कर लिया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्वास जताया है कि आने वाले क्छ महीनों में देश के नागरिकों को कोविड उन्नीस टीका उपलब्ध हो जायेगा भारतीय उदयोग परिसंघ फिक्की के एक कार्यक्रम को वर्चअल माध्यम से संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस टीके के वितरण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं के बाद यह टीका पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगाया जायेगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अगले वर्ष जुलाई या अगस्त तक इस टीके की चालीस से पचास करोड़ खूराकें उपलब्ध होंगी जो शुरूआती दौर में तीस से पैंतीस करोड़ लोगों को दी जा सकेंगी बिहार में राज्यसभा की एक सीट पर उप चूनाव के लिये निर्वाचन आयोग ने आज कार्यक्रम की घोषणा कर दी यह सीट पूर्व केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के कारण रिक्त हुई है चुनाव की अधिसूचना छब्बीस नवम्बर को जारी की जायेगी जबकि तीन दिसम्बर तक नामांकन दाखिल किये जा सकते हैं मतदान चौदह दिसम्बर को होगा इसी दिन शाम में वोटों की गिनती की जायेगी राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी एक सौ तीनवीं जयंती पर श्रद्वापूर्वक याद किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम सहित विभिन्न शिक्षण संस्थान और सरकारी कार्यालयों में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किये गये प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने के आसार हैं मौसम वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि उत्तर बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में ठंड में बढ़ोतरी के आसार हैं

उन्होंने छठ घाटों पर श्रद्धालुओं के लिये आवश्यक सुविधाओं के प्रबंध करने के निर्देश दिये श्री सिंह ने लोगों से कोविड उन्नीस से बचाव के उपाय अपनाते हुए छठ मनाने की अपील की इधर कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपने गृह क्षेत्र कटिहार पहुंचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कई इलाकों का दौरा किया उन्होंने कहा कि राज्य में रिक्त पड़े पदों को जल्द भरा जायेगा भाजपा ने विधानसभा चुनाव में लोगों से जो वायदा किया है उसे प्राथमिकता के तौर पर पूरा किया जायेगा समस्तीपुर द्ग्ध उत्पादक सहयोग समिति के अध्यक्ष और जानेमाने समाजसेवी राजकुमार साह का उनके पैतृक गांव रतनपुरा में निधन हो गया वे पचास वर्ष के थे उनके निधन पर सांसद रामनाथ ठाकुर तथा भाजपा और अन्य दलों के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है रोहतास के जानेमाने समाजसेवी रामायण राय की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया करगहर थाना अंतर्गत कुसही ग्राम में आयोजित समारोह में जिलाधिकारी पंकज दीक्षित और अन्य अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना में सत्ताईस लाख तैंतीस हजार से ज्यादा आवेदन पत्र मिले हैं इस योजना से रेहड़ी पटरी वालो को लाभ मिलेगा कुल चौदह लाख चौंतीस हजार से ज्यादा आवेदन पत्रों को मंजूरी दी गई और करीब सात लाख अठासी हजार लोगों को कर्ज बांटे गये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण अपने घरों को लौट गये रेहड़ी पटरी वाले इस कर्ज के पात्र है कर्ज लेने के लिये किसी भी सेवा केन्द्र नगर निगम कार्यालय या बैंक में आवेदन किया जा सकता है इसके बाद लोगों के घरों पर बैंक खुद पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बैंक कर्मचारियों की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुये कहा कि एक वक्त था जब रेहड़ी पटरी वाले बैंक तक नहीं जा पाते थे लेकिन आज बैंक उनके घर जा रहे हैं यह सरकार के कामकाज की पारदर्शिता और जवाबदेही के कारण संभव हुआ है

पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने

कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जायेगा

सबसे अधिक पटना में दो सौ पैंतालीस मामलों की प्रष्टि